पांच सौ से ज्यादा लोग घायल हैं विस्फोटों में मारे गए बत्तीस विदेशी नागरिकों में पांच भारतीय भी थे श्रीलंका सरकार ने कहा है कि हमले में स्थानीय धार्मिक गृट नेशनल तौहीद जमात का हाथ है कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रजित सेनारले ने बताया कि यह जांच की जा रही है कि हमलों के लिए विदेशी समर्थन तो नहीं मिला था यह पता लगाने की भी कोशिशें जारी हैं कि आत्मघाती हमलावर केसे तैयार किए गए क्योंकि एक छोटा स्थानीय गुट इतने बड़े स्तर पर हमले नहीं कर सकता श्री सेनारत्ने ने कहा कि देशभर में खतरे की आशंका वाले सभी स्थानों पर कड़ी सुरक्षा जांच चल रही है क्योंकि ऐसे और हमले होने के सुराग मिले हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सिलसिले में चौबीस स्थानीय संदिग्ध लोग गिरफ्तार किए गए में ह लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गयीं हैं इस चरण में प्रदेश की दस सीटों पर चुनाव होने हैं ये सीटें हैं मुरादाबाद रामपुर सम्मल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायूँ आंवला बरेली और पीलीमीत

मतदान स्थलों तक पोलिंग पार्टियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है निर्वाचन आयोग की ओर से निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिये व्यापक इंतजाम किये गये हैं मतदान केन्द्रों पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गयी है प्रदेश में कल होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

इस चरण में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भाजपा के वरुण गांधी और जयाप्रदा समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आजम खान प्रमुख उम्मीदवारों में हैं

लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में नामांकन वापस लिये जाने का आज अन्तिम दिन था

पांचर्वे चरण में प्रदेश की जिन चौदह सीटों पर मतदान होने हैं उनमें धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौशाम्बी बाराबंकी फैजाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा शामिल हैं उधर पांचवें चरण के चुनाव के लिये प्रचार तेज हो गया है विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा कर मतदान की अपील कर रहे हैं कॉग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बाराबंकी और अमेठी में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में किर्ये गये किसी भी वादे को निभा पाने में मोदी सरकार विफल साबित हुयी है केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुप्रिया पटेल ने आज कौशाम्बी के अकिल कस्बे में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों किसानों और मजदूरों के विकास के लिये तत्पर है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखीमपुर खीरी के धौरहरा में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग अब अच्छे दिन और काले धन की बात नही करते उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में उद्योगपति देश के आम आदमी का पैसा लेकर विदेश भाग गये लोकसभा चुनाव के छठें चरण के लिये नामांकन की प्रक्रिया कल समाप्त हो जायेगी इस चरण में प्रदेश के चौदह संसदीय क्षेत्रों में आगामी बारह मई को मतदान सम्पन्न कराया जायेगा छठे चरण में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे उनमें सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकर नगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संतकबीर नगर लालगंज सुरक्षित सीट आजमगढ़ जौनपुर मछलीशहर सुरक्षित सीट और भदोही शामिल हैं लोकसभा चुनाव के सातवें चरण की अधिसूचना आज जारी हो गयी अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन दाखिल करने का कार्य भी शुरू हो गया नामांकन दाखिल करने की अन्तिम तारीख तीस अप्रैल है इस चरण के लिये मतदान उन्नीस मई को सम्पन्न होगा इस चरण में प्रदेश की जिन तेरह सीटों पर चुनाव कराये जाने हैं उनके नाम हैं महराजगंज गोरखपुर कुशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने आज उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर रफाल मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले को अनुचित तरीके से पेश कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया न्यायालय ने पिछले सोमवार को श्री राहल गांधी को इस बारे में आज तक स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने शपथपत्र में कहा है कि उन्होंने चनावी प्रचार की गर्मजोशी में यह बयान दिया था जिसका उनके विरोधियों ने गलत इस्तेमाल किया